गोविन्द ठाक्र वन व परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधाओं और उनकी संतुष्टि पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं वे कल शिमला में राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे गोविन्द ठाकुर ने निगम प्रबंधन को प्रदेश में सभी बस अड्डों कार्यशालाओं और ढाबों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने विद्यार्थियों से मेहनत और निरंतर धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने का आहवान किया है कांगड़ा जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोह के वार्षिक समारोह में कल उन्होंने कहा कि शिक्षक का विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अहम योगदान रहता है सरवीण चौधरी ने बाद में जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया

इसकी अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में शामिल होंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे

पंजाब केसरी के शब्द हैं दो सौ डॉक्टरों के नियुक्ति के आदेश जारी दैनिक सवेरा टाइम्स राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हवाले से लिखता है सूबे में पानी की रिसाइकलिंग की योजना बनाए आईपीएच विभाग अमर उजाला की एक सुर्खी है भाजपा नेता के डीओ पर हुए तबादले पर हाईकोर्ट की रोक हिम प्रगति पोर्टल को उत्कृष्टता पुरस्कार संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है लाहुल स्पीति के लिए आज से शुरू होगी हवाई सेवा प्रदेश सरकार ने तीन उडानें भरने का निर्णय लिया हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है जनमंच की घोषणाओं में क्या हुआ पड़ताल होगी इक्डोल से पढ़ाई महंगी दस फीसद बढ़ी फीस दैनिक जागरण की खबर है